आज पोखरण में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत इस सिद्धांत पर मजबूती से टिका हुआ है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा रक्षा मंत्री ने कहा कि वे पोखरण की भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं जैसलमेर जिले में पोखरण वो स्थान है जहां अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किये गये थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें प्रष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना सभा में भाग लिया इधर प्ररे प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उनके कार्यों को याद किया गया प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस मौके पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे दो हजार पन्द्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे बाईट गीत नया गाता हूं टूटे हुए तारों से फूटे बासती स्वर पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर झरे सब पीले पात कोयल की कूक रात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पीछे एक समृद्ध परम्परा छोड़ी है जो आने वाले वर्षों में भी बनी रहेगी उन्होंने आर्थिक नीतियों को गति प्रदान की बुनियादी ढांचे से जुड़ी व्यापक परियोजनाएं शुरु की और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया

एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे दिल्ली से सुपर्णा सैकिया के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की नई शिक्षा प्रणाली में कृषि और प्रकृति सहित ग्रामीण जीवन की शिक्षा दी जानी चाहिए वे आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में नवीनीकृत श्यामोली भवन राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे उप राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के उत्थान और समावेशी विकास के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को दूर करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि देश को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी संबद्ध पक्षों से चर्चा की जायेगी और इसे एक विशाल जन अभियान बनाने को लिए जमीनी स्तर पर काम किया जायेगा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए जूट तथा कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने को कहा था

जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं उससे मुक्ति के लिये हमने ही अभियान छेड़ना होगा लेकिन साथ साथ हमने अलर्टनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी मैं तो सभी दुकानदानों से आग्रह करूंगा आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं एक बोर्ड यह भी लगा दीजिये कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के बाढ़ अनुमंडल के लदमा गांव स्थित पैतृक आवास से आज अत्याधुनिक राइफल एके सैंतालीस और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के के मिश्रा ने बताया कि विधायक के आवास पर कई आपत्तिजनक सामान होने की सूचना मिली थी इसी आधार पर आज तड़के छापेमारी की गयी इस दौरान उनके आवास से छब्बीस कारतूस के साथ एक एके सैंतालीस राइफल और विस्फोटक बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि बम को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है इस बीच मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि सांसद ललन सिंह के इशारे पर उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है

सुनवाई के दौरान केन्द्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं सहित संचार के सभी साधनों को बहाल करने का निर्देश देने की याचिका दायर की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की खंडपीठ ने कहा कि मीडिया की खबरों से पता चलता है कि लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन धीरे धीरे बहाल किये जा रहे हैं इसलिए इस याचिका पर अन्य संबंधित मामलों के साथ सुनवाई की जायेगी एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह देश का सर्वोच्च सम्मान है बजरंग ने पिछले साल जकार्ता एशियाई खेलों में पैंसठ किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी वजन वर्ग में पहला स्थान हासिल किया था वह विश्व चैम्पियनशिप में दो बार पदक जीत चुके हैं और अगले साल तोक्यो ओलंपिक में भारत के लिये प्रबल दावेदारों में शामिल हैं राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह लगातार हुई हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि ट्रफलाइन प्रदेश के ऊपरी हिस्से से गुजर रही है जिसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना बनी हुयी है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है प्रदेश में अब वज्रपात की घटना से तीस से पैंतालीस मिनट पहले लोगों को इसकी सूचना मिल जायेगी इसके लिये राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ करार किया है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सिस्टम के माध्यम से यह पता चल जायेगा कि वज्रपात की घटना कहां होने वाली है इसके बाद उस इलाके के लोगों को मोबाइल एप्प और एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी बाढ़ प्रभावित दरभंगा के जिला अधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम ने जल संसाधन विभाग के सभी अभियन्ताओं को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि जिले में द्बारा बाढ़ आई और उस दौरान तटबंध फिर से टूटा तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी श्री त्यागराजन ने तटबंध और सड़क मरम्मत कार्य की समीक्षा बैठक में कहा कि इस बार फ्लैश फ्लड के कारण जिन तटबंधों में कटाव हुआ हैं उन सभी कटाव स्थलों की शीघ्र मरम्मत की जाये जिले के सभी पथ प्रमंडल और ग्रामीण कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया हैं कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी पथों की मरम्मत तेजी से कराई जाये ताकि बाढ़ प्रभवित क्षेत्रों में आवागमन जल्द सामान्य हो जाये देश के स्कूली शिक्षकों के लिए इस बार पात्रता परीक्षा आठ दिसंबर को होगी सीबीएसई के अनुसार इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उन्नीस अगस्त से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी आवेदन करने की अंतिम तिथि अठारह सितम्बर होगी बक्सर जिले के ड्मराव में सन उन्नीस सौ बयालीस के अमर शहीदों की याद में राजकीय शहीद दिवस समारोह का उद्घाटन जिला प्रभारी सह पयर्टन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने किया कैमूर जिले में भभुआ थाना क्षेत्र के सिकठी गांव के तालाब किनारे से पुलिस ने घायल स्थिति में एक अपहृत प्रोफेसर को बरामद किया प्रोफेसर की पहचान शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय भभुआ में इतिहास विभाग के व्याख्याता कुलदीप नारायण सिंह के रूप में की गई है